राज्य में गहराता जा रहा है कोरोना संकट आज रांची में चार नये मामलों के साथ राज्य में संकमितों की संख्या पहुंची तिरसठ दूसरी ओर बोकारो के चार और धनबाद के दो कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हए गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी दुकानें खोलने की दी छूट मंत्री रामेष्वर उरांव ने कहा छूट देने से पहले राज्य सरकार करेगी स्थिति का मूल्यांकन कोरोना संकमण काल में सुरक्षित दूरी के साथ बीता रमजान का पहला रोजा खूंटी में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कोरोना योद्वाओं पर बरसाये फूल बजाई तालियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दुरदर्शन के समुचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा यह कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट डब्ल्य डब्ल्य डब्ल्यू न्यूजऑन एआईआर डॉट कॉम तथा न्यूजऑन एआईआर मोबाइल एप पर भी उपलब्ध होगा हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी इसे क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित करेगा रात को आठ बजे से क्षेत्रीय भाषाओं में इसे दोबारा सुना जा सकता है इधर सताइस अप्रैल को प्रधानमंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे इस दौरान कोरोना महामारी से बचाव के लिए किए जा रहे उपायों तथा लॉकडाउन में दी गई छूट के पड़ रहे असर पर भी चर्चा होगी राज्य में चार और कोरोना पॉजिटिव मरीज होने की पुष्टि हुई है इनमें तीन हिन्दपीढ़ी के और एक कांटाटोली के रहने वाले हैं चार पॉजिटिव मरीजों में दो महिला और दो पुरूष शामिल हैं इसके साथ ही राज्य में अब कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब तिरसठ हो गई है स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने हमारी संवाददाता को बताया है कि कोरोना की जांच तेज कर दी गई है स्थिती पर विभाग की ओर से नजर रखी जा रही है इस बीच राहत की खबर यह है कि चार बोकारो के और दो धनबाद के कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हुए हैं इनकी रिपोर्ट आज निगेटिव आई है

बैठक के बाद मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी नई गाइडलाइन के अनुसार लोग लॉकडाउन में छूट देने की जिम्मेवारी राज्यों को सौंपी गई है राज्य सरकार आगे कोई भी छूट देने के पहले इस बात का मूल्यांकन करेगी कि उन्हीं दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाए जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके या अन्य शर्तो का अनुपालन कराना संभव हो डॉ उरांव ने बताया कि लॉकडाउन में देश को दूसरे राज्यों में फंसे झारखंड के छात्र छात्राओं को वापस लाने के लिए आधिकारिक स्तर पर बातचीत चल रही है भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लगातार द्रसरे राज्यों से संपर्क स्थापित कर लॉकडाउन में फंसे छात्र छात्राओं के अलावा प्रवासी श्रमिकों मरीजों और उनके परिजनों को वापस लाने तथा उन्हें उसी राज्य में मदद उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है झारखंड सरकार द्वारा भी राज्य में दूसरे राज्यों के फंसे प्रवासी मजदूरों छात्र छात्राओं और अन्य लोगों को सहायता उपलब्ध कराई जा रही है हजारीबाग उपविकास आयुक्त ने लॉकडाउन के दौरान जिले में संचालित योजनाओं का निरीक्षण किया

जाने माने मनोरोग विशेषज्ञ और परामर्शदाता डॉक्टर अवधेश शर्मा परिचर्चा में भाग लेंगे

यह विशेष कार्यक्रम आज रात नौ बजकर पच्चीस मिनट पर एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित होगा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

हालांकि रेस्त्रा सैलून और नाई की दुकाने बंद रहेंगी

वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को लेकर घोषित लॉक डाउन में दाल भात केन्द्र जरूरतमंदों के लिए संजीवनी साबित हो रहा पलामू जिले के जरूरतमंद व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से प्रशासन की पहल पर दाल भात केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है जिला मुख्यालय डालटनगंज में आज हमारे संवाददाता ने कई केन्द्रों का जायजा लिया

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिषन झारखण्ड के अभियान निदेषक डॉ शैलेष चन्द्र चौरसिया ने सभी जिलों को राज्य सरकार द्वारा पूरे राज्य में सार्वजनिक जगहों पर सभी तरह के तंबाकु उत्पादों जैसे सिगरेट बिड़ी पान मसाला गुटका खैनी जर्दा और हक्का के उपयोग और बिक्री पर लगाये गये प्रतिबंध को मजबूती से अनुपालन कराने का निर्देष दिया है डॉ चौरसिया ने बताया कि तंबाकु उत्पाद का सेवन कर जहां तहां थ्रकने से कोरोना वायरस फेलने का खतरा बढ़ता है आज विश्व मलेरिया दिवस मनाया जा रहा है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जीरो मलेरिया की शुरुआत मेरे साथ के आसान अभियान से मलेरिया को समाप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति शपथ ले

चतरा जिले में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान आज सदर थाना पुलिस ने प्रतिबंधित करीब साढ़े छह क्विंटल पोस्ता दाना के साथ दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया है चतरा जिले के राजपुर थाना क्षेत्र में पति पत्नी द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई

और अब संक्षिप्त खबरें बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद की रसोई से लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों को भोजन प्राप्त हो रहा है

इधर कोडरमा सांसद के जिला प्रतिनिधि व भाजपा नेता दिनेश यादव ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए प्रषासन से हस्तक्षेप करने की मांग की है

राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत लोगों तक भोजन और खादय सामग्री पहंचाने का कार्य कर रही है